वोटों की गिनती तेईस मई को

बिहार की चालीस लोकसभा सीटों के लिए ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई के बीच सात चरणों में मतदान होगा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये बताया कि प्रथम चरण में औरंगाबाद गया नवादा और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव कराया जाएगा प्रथम चरण के लिए अठारह मार्च से नामांकन पर्चा भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि पच्चीस मार्च होगी नामांकन पर्चे की जांच छब्बीस मार्च को होगी जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि अठाईस मार्च निर्धारित की गई है उन्होंने बताया कि प्रथम चरण का मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा दूसरे चरण में किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे इन सीटों के लिए उन्नीस मार्च से पर्चा भरा जाएगा जो छब्बीस मार्च तक चलेगा उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच सत्ताईस मार्च को जबकि प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की तिथि उनतीस मार्च होगी दूसरे चरण के लिए अठारह अप्रैल को मतदान कराया जाएगा तीसरे चरण में झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथि अठाईस मार्च और अंतिम तिथि चार अप्रैल तय की गई है तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को और नाम वापस आठ अप्रैल तक लिये जा सकेंगे मतदान तेईस अप्रैल को होगा चौथे चरण में दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा सीटों पर चुनाव कराये जाएंगे इस चरण के लिए नामांकन पर्चा दो अप्रैल से भरा जाएगा जो नौ अप्रैल तक चलेगा नामांकन पत्रों की जांच दस अप्रैल को होगी तथा प्रत्याशी अपना नाम बारह अप्रैल तक वापस ले सकेंगे चौथे चरण के लिए उनतीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पांचवें चरण के लिए सीतामढ़ी मध्बनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर में छह मई को मतदान होगा इस चरण के लिए दस अप्रैल से पर्चा भरा जाएगा जो अठारह अप्रैल तक चलेगा पर्चे की जांच बीस अप्रैल को होगी और बाईस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे छठे चरण के लिए बारह मई को वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सीवान और महाराजगंज में वोट डाले जायेंगे इन सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना सोलह अप्रैल को जारी की जायेगी उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी पर्चा भरने की अंतिम तिथि तेईस अप्रैल है नामांकन पत्रों की जांच चौबीस अप्रैल को होगी और प्रत्याशी अपना नाम छब्बीस अप्रैल तक वापस ले सकेंगे उन्होंने बताया कि सातवें और अंतिम चरण के लिए उन्नीस मई को नालंदा पटना साहिब पाटलिप्त्रा आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद में मतदान होंगे इस चरण के लिए बाईस अप्रैल से पर्चा भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि उनतीस अप्रैल है पर्चे की जांच तीस अप्रैल को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि दो मई निर्धारित की गई है इन सभी क्षेत्रों के लिए मतगणना तेईस मई को होगी श्री श्रीनिवास ने बताया कि इस बार लोकसभा के चुनाव के लिए प्रदेश में बहत्तर हजार सात सौ तेईस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जो पिछले लोकसभा चूनाव की तूलना में दस हजार अधिक हैं उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों पर कुल सात करोड़ छह लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे नवादा और डेहरी विधानसभा के लिए उपच्नाव लोकसभा चूनाव के साथ ही कराये जायेंगे मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि नवादा विधानसभा के लिए उपचुनाव प्रथम चरण में ग्यारह अप्रैल को नवादा लोकसभा के साथ कराया जायेगा जबकि डेहरी विधानसभा के लिए उपचूनाव अंतिम चरण में उन्नीस मई को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के साथ कराया जायेगा गौरतलब है कि डेहरी के विधायक इलियास हुसैन और नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गयी थी चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए चुनाव आयोग ने पहली बार कई नये प्रयोग भी कर रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार ईवीएम में दलों के चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशियों की तस्वीर भी होगी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबारों में तीन बार प्रकाशित करवानी होगी ईवीएम को मतदान केन्द्र से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के दौरान उसकी जीपीएस ट्रैकिंग की जायेगी

इस बार के चुनाव में देशभर में दस लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए पूर्व अनुमति की शर्त लगा दी है

दिवाकर आकाशवाणी समाचार आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाईन नम्बर एक नौ पांच शून्य और सीविजिल एप जारी किया है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर प्रचार की अनुमति दे दी है लेकिन दलों और प्रत्याशियों को प्रचार से पहले चुनाव आयोग की प्रमाणन समिति से सत्यापन कराना होगा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि फेसबुक गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने भरोसा दिलाया है कि वे आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे चूनाव आयोग ने मतदाताओं को वोटरलिस्ट में नाम जूड़वाने के लिए एक ओर मौका दिया है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाया है वे नामांकन की अधिसूचना जारी होने के पहले अपने लोकसभा क्षेत्र विशेष में नाम जुड़वा सकते हैं नाम जुड़वाने के लिए आवेदन ऑन लाईन और ऑफ लाईन दोनों तरह से कर सकते हैं चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी बढ़ गयी है लोकसभा की सभी चालीस सीटों पर जीत के दावों के साथ एनडीए और महागठबंधन के घटक दल रणनीति बनाने में जूट गये हैं एनडीए के घटक दल जदयू भाजपा और लोजपा ने सीटों की संख्या का बंटवारा कर लिया है जबकि महागठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद सभी प्रमुख पार्टियों के राज्य मुख्यालय में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयी है प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की निय्रक्ति के लिए गठित विश्वविद्यालय सेवा आयोग में छह सदस्यों की नियुक्ति की गयी है शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर अशोक कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह डॉक्टर उपेन्द्र नाथ वर्मा प्रोफेसर विजय कांत दास उमेश चंद्र विश्वास और डॉक्टर उषा प्रसाद को आयोग का सदस्य बनाया गया है प्रोफेसर डॉक्टर राजर्वद्वन आजाद को आयोग का अध्यक्ष पहले ही नियुक्त किया जा चुका है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रही पन्द्रहवीं राष्ट्रीय पैरा ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन बिहार ने तीन स्वर्ण पदक जीते प्रेमलता कुमारी ने सौ मीटर शेखर चौरसिया ने आठ सौ मीटर और मेराज आलम ने दो सौ मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता सुपौल जिले के राघोपूर थाना क्षेत्र के धर्मपटटी गांव के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या सत्तावन पर कार और ट्रक के बीच हुयी टक्कर मे एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा को अपनी प्रमुख सूर्खी बनाया है अखबारों ने चूनाव कार्यक्रमों के लिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी किया है इसके साथ ही विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं को भी प्रमुखता मिली है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना उन्नीस मई को करेगा मतदान अखबार ने चरणवार चुनाव से जुड़ा नक्शा भी प्रकाशित किया है अखबार की एक अन्य सुर्खी है सत्यापन के बाद ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन दैनिक जागरण की सुर्खी है मतदाता अब भारत भाग्य विधाता दैनिक भास्कर ने लिखा है सत्ता के सात चरण बिहार की चालीस सीटों पर सात फेज में होगी वोटिंग प्रभात खबर ने अपने पहले दो पन्नों पर चुनाव से जुड़ी जानकारी और राज्यवार चुनाव तिथियों का प्रकाशन किया है इसकी सुर्खी है पटना साहिब और पाटलिपुत्र में उन्नीस मई को वोट

वोटों की गिनती तेईस मई को